आज चेन्नई में आईआईटी मद्रास के दीक्षान्त समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पांच ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनना चाहता है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में आईआईटी के विद्यार्थियों तथा युवाओं का योगदान विशेष महत्वपूर्ण है

प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से कहा कि उन्हें मातृभूमि की आवश्यकताओं को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए

उन्होंने कहा कि हरिद्वार महाकुंभ द्वनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक मेला होगा वैश्विक स्तर के इस मेले में दुनिया भर के देशों से करोड़ों श्रद्वालु आएंगे लिहाजा महाकुंभ की व्यवस्थाएं इसकी दिव्यता और भव्यता के अनुरूप हों उन्होंने महाकुम्भ की तैयारियों में तेजी लाने के निर्देश देते हुए शासन स्तर पर भी महाकुम्भ की तैयारियों की नियमित मॉनिटरिंग करने को कहा उन्होंने कम्भ मेलाधिकारी को रोजाना तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण करने को कहा है इसके अलावा उन्होंने कहा कि सुरक्षा और भीड प्रबंधन में तैनात किए जाने वाले पुलिसकर्मियों का व्यवहार कृशल होना जरूरी है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जोरशोर से तैयारियां की जा रही है

प्रशिक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी रंजना राजगुरू ने पीठासीन अधिकारी मतदान अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी उधमसिंह नगर जिले में पीठासीन और मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया रुद्रपुर और गदरपुर में प्रथम सत्र बाजपुर और जसपूर में दूसरे सत्र का सैद्वांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया इसके अलावा अन्य जिलों में भी अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तीन चरणों में हो रहे हैं

हिमालयन ट्राइब महोत्सव मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि अपनी बोली भाषा वेश भूषा लोक कला और लोक संस्कृति को संरक्षित करने के समेकित प्रयास किये जाने चाहिए देहरादून में अयोजित हिमालयन ट्राइब महोत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अपनी लोक भाषाओं को संरक्षित करने के लिए उन्हें पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जा रहा है जिसकी शुरूआत पौड़ी से की गई है अल्मोड़ा में भी जल्द इसकी शुरुआत होगी मुख्यमंत्री ने रं रौंगपा जाड़ शौका जनजाति की ओर से आयोजित इस महोत्सव को जनजाति समाज की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पहचान दिलाने का कारगर प्रयास बताया बड़ी संख्या में युवाओं द्वारा इस आयोजन में की गई पहल को भी उन्होंने सराहनीय बताया उन्होंने कहा कि आज युवाओं को अपनी समृद्व लोक संस्कृति बोली भाषा और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने की जरूरत है इस महोत्सव में जनजाति क्षेत्रों के लोक कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुति दी

उन्होंने बताया कि बैठक में सीपीए की गतिविधियों के विषय में प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट की समीक्षा के साथ ही भविष्य की गतिविधियों के विषय में निर्णय लिए गए उन्होंने बताया कि सम्मेलन के दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई विधानसभा अध्यक्ष ने कंपाला यात्रा के दौरान प्रवासी उत्तराखंडियों से भी मुलाकात की साथ ही उनसे वर्ष में कम से कम एक बार उत्तराखंड में अपने गांव जरूर आने की अपील की मौसम प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पिछले तीन चार दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है और फल सब्जियों की फसल बर्बाद हो रही है पर्वतीय जिलों में बारिश के कारण कई सड़कें बाधित है जिन्हें खोलने का कार्य जारी है वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश का दौर जारी है कभी धूप और कभी बारिश के बीच लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है इसके बाद कुछ राहत मिल सकती है

पर्यटकों के बढ़ते दबाब को देखते हुए अब कॉर्बेट प्रशासन यहां एक नया पर्यटक जोन खोलने की तैयारी में है फिलहाल कॉर्बेट नेशनल पार्क में घूमने के लिए रामनगर में पांच जोन हैं इन जोन में वन्यजीवों को करीब से देखने और उनके बारे में जानने के लिए हर साल लाखों पर्यटक आते हैं लेकिन पार्क मे सीमित संख्या में ही पर्यटक घूम सकते हैं इससे यहां आने वाले काफी सैलानियों को मायूस लौटना पड़ता है पार्क प्रशासन ने अब नए पर्यटक जोन का प्रस्ताव बनाकर उच्चाधिकारियों की मंजूरी के लिए भेजा है

इस जोन के खुलने के प्रस्ताव से पर्यटन कारोबारियों में भी उत्साह देखा जा रहा है उनका मानना है कि इस जोन के खुलने से पर्यटकों और पर्यटन कारोबारियों दोनों को फायदा होगा नवरात्र शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन आज देवी दुर्गा के द्वितीय रूप ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की गई श्रद्वालुओं ने व्रत रखा और मंदिरों में पहुंचकर देवी के दर्शन किए राजधानी से सटे डाटकाली मंदिर के साथ ही प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थित सिद्धपीठ सुरकंडा देवी चंद्रबदनी कुंजापुरी मंदिर धारी देवी कालीमठ नैना देवी मंसा देवी चंडी देवी आदि मंदिरों में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा राजधानी देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में स्थित मंदिरों में भी और दिनों के मुकाबले इन दिनों श्रद्वालुओं की काफी भीड़ देखने को मिल रही ळें वहीं नवरात्र के साथ ही इन दिनों जगह जगह रामलीला मंचन की भी ध्म है

बांग्ला समाज की ओर से भी दुर्गा पूजा महोत्सव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं नमामि गंगे पतित पावनी गंगा की स्वच्छता निर्मलता और अविरलता के लिए व्यापक स्तर पर कार्य हो रहे हैं हालांकि जनभागीदारी के बिना स्वच्छ गंगा का सपना साकार होना मुमकिन नहीं इस दिशा में कई लोग जागरूक हए हैं और गंगा की स्वच्छता में अपना अपना योगदान कर रहे हैं इन्हीं में शामिल हैं आईआईटी रूड़की के प्रोफेसर और छात्र संस्थान के एक दल ने गंगा की सफाई का अभियान इसके उद्गम स्थल गौमुख से शुरू किया दल के सदस्यों ने गंगोत्री से ट्रेकिंग शुरू कर गौमुख तक सफर तय किया इस बीच उन्होंने रास्ते में पड़ने वाले गांवों में लोगों को स्वच्छता और निर्मल गंगा के प्रति जागरूक भी किया

इस दौरान दल के सदस्यों ने गौमुख और आसपास के क्षेत्रों में फैले कचरे को इकट्टा किया गौमुख में दो दिनों तक सफाई अभियान चलाया गया दल में शामिल छात्रों ने कहा कि स्वच्छता हर किसी की जिम्मेदारी है और सभी को स्वच्छता अभियान में योगदान देना चाहिए चमोली रैली चमोली जिले में स्वच्छता को लेकर व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है इसी कड़ी में नगरीय क्षेत्र में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत गंगा स्वच्छता गोष्ठी का आयोजन किया गया इस अवसर पर स्वच्छता पर आकर्षक चित्रकला प्रदर्शनी भी लगाई गई गोष्ठी में शामिल हुई जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि पर्यावरण को स्वच्छ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है इसके लिए हम सभी को अपनी आदतों में परिवर्तन लाना होगा प्लास्टिक और पॉलीथीन के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान की जानकारी देते हुए उन्होंने इनका इस्तेमाल पूरी तरह से बंद करने पर जोर दिया इसके अलावा नुक्कड़ नाटक सांस्कृतिक कार्यक्रमों और भाषण प्रतियोगिता के जरिए भी लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया गोष्ठी में पर्यावरण को स्वच्छ रखने अपने आस पास सफाई रखने और पॉलिथीन का प्रयोग न करने की शपथ भी ली गई